आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के छियालीसवें संस्करण में अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह समय इस बात पर फिर से जोर देने का है कि सुशासन प्रत्येक भारतीय का जन्मसिद्ध अधिकार है श्री मोदी ने कहा कि संतुलन बनाये रखने के लिए हम सब का सामूहिक दायित्व है कि प्रकृति से प्रेम करे और उसकी रक्षा तथा संवर्धन करे भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में कही कही अधिक वर्षा के कारण चिंता की खबर आ रही है तो वही कुछ स्थानो पर लोग उत्सुकता से वर्षा शुरु होने की प्रतिक्षा कर रहे है उन्होंने कहा कि इसके लिए वर्षा को दोष नही दिया जाना चाहिए क्योकि प्रकृति से संधर्ष का रास्ता मनुष्य ने ही चूना है काँलेजो में प्रवेश करने जा रहे छात्रो का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने उन्हें शांत रहकर जीवन में अंतर्मन का भरपूर आनंद लेने की सलाह दी प्रधानमंत्री ने कहा कि किताबों का कोई विकल्प नही है लेकिन छात्रों को नए कौशल भाषाए और संस्कृति जैसी नई वस्तुओ को जानने पर भी ध्यान देना चाहिए कुछ वंचित परिवारो के छात्रो के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इन्होने अपने द्रढ़संकल्प और हौसले के बल पर सभी मुश्किलो का सामना कर कामयाबी हासिल की है और लोगो के लिए मिसाल कायम की है प्रधानमंत्री ने लोगो से गणेशोत्सव को पूरी श्रद्धा उत्साह और मनोयोग से मानने का आह्वान करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि यह आयोजन पर्यावरण के अनुकूल रहे

उन्होंने अपने संकल्प से देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले दिव्यांग खिलाड़ियो सुंदर सिंह गुर्जर एकता भ्यान और योगेश कथ्रनिया के प्रदर्शन की भी प्रशंसा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने कल नाहरलगुन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया ये प्रणाली राज्य की पहली ऐसी प्रणाली है और राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एकमात्र निदेशालय है जिन्होंने मानव संसाधन के चहुँमुखी प्रबंधन के लिए इस प्रणाली की शुरुआत की है विभाग द्वारा इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए श्री लिबांग ने उनकी प्रशंसा की और एन एच एम के अंदर काँन्ट्रेक्वूएल एच आर के वेतन को आँनलाईन भुगतान करने को भी मंजूरी दी है उन्होंने अन्य विभाग के निदेशको से प्राथमिकता के आधार पर इस प्रणाली को अपनाने का आग्रह किया भारतीय चिकित्सा संघ की राज्य इकाई ने कल पापुम पारे जिले के ओमपुली में मिशन पिंक हेल्थ का शुभारम्भ किया इस मिशन का लक्ष्य किशोरियो के बीच सामान्य स्वास्थ्य में सुधार और एनीमिया को खत्म करना है खेल एवं यूवा मामला विभाग के मंत्री डाँ मोहेश चाइ ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के यूवाओ से खेल को व्यवसायिक रुप में अपनाने को कहा उन्होंने कहा कि आज के दौर में खेल बहु अरब डाँलर के वैश्विक उद्योग के रुप में उभर रहा है ये बात श्री चाई ने कल गुवाहाटी में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा उन्होंने कहा कि देशभर में खेलो का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्लेकशीफ कार्यक्रमो में से एक है और पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष लक्षित क्षेत्रो में से एक है ईटानगर में गत शुक्रवार को श्रम एवं रोजगार विभाग का एम्प्लोयमेंट एक्सेंज का अधिकारिक पोर्टल का शुभारम्भ किया गया ये पोर्टल छात्रो और नौकरी तलाशने वाले को पंजीकरण की सुविधा तथा नवीनतम विभागीय और अन्य निजी नौकरियां आँनलाइन प्राप्त कराएगा इसमें भविष्य में रोजगार के लिए संस्थानो द्वारा अपने छात्रों के पंजीकरण की सुविधा भी होगी पहले चरण में इस परियोजना को राजधानी के एम्प्लोयमेंट एक्सेंज के लिए बनाया गया है और बाकी जिला स्तरीय एम्प्लोयमेंट एक्सेंज में चरणबद्ध स्तर पर लागू किया जाएगा राजधानी जिला प्रशासन ने कल बंदरदेवा में जन सुनवाई सम्मेलन का आयोजन किया सम्मेलन के दौरान कई सरकारी विभागो ने बड़ी संख्या में लोगो को सेवाए प्रदान की सम्मेलन में लोगो को एस टी एवं अन्य प्रमाण पत्र बैक खाता खोलने सोशल सुरक्षा योजना जैसे कई सेवाए मुहैय्या कराया गया शिविर के दौरान औजू वेल्फेयर मिशन ने भी बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया वोमेन हेल्पलाईन और वन स्टोप सेन्टर पर जागरकता अभियान चलाया वही लोंगडिंग जिला प्रशासन ने भी कल अपने जिले में जन सुनवाई सम्मेलन शिवीर का आयोजन किया